दंतेवाड़ा जिले में हुई मुठभेड़ में तीन माओवादी मारे गए सुकमा में सात माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण मेगा ब्लॉक की वजह से पांच अगस्त तक शिवनाथ और इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कमार त्रिपाठी कल शपथ ग्रहण करेंगे

दो जुलाई से शुरू हुए इस सत्र के दौरान कूल पांच बैठके हुई चतुर्थ विधानसभा का यह संभवतः अंतिम सत्र है सत्र के अंतिम दिन आज सदन में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है यह चर्चा अभी भी जारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्य चर्चा में भाग ले रहे हैं चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक चारों ओर जनता कुशासन से त्रस्त है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पर्यावरण की चिंता किए बगैर प्राकृ तिक संसाधनों का अंधाधंध दोहन किया जा रहा है और इस दोहन का लाभ चंद लोग ही उठा रहे हैं कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है और कोई भी वर्ग खुश नहीं है प्रदेश में खेती का रकबा कम होते जा रहा है कृषि की हालत बदतर हो गई है अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव महज प्रचार के लिए है उन्होंने विपक्ष के सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं पचपन लाख परिवारों को एक रुपये किलो के हिसाब से चावल दिया जा रहा है प्रदेश में किसानों को शून्य फीसदी पर ऋण दिया जा रहा है मंत्री ने बताया कि सरकार गांवों में गरीबों का मकान बना रही है उनके घरों में बिजली और गैस कनेक्शन पहंचाया जा रहा है तेंद्रपत्ता संग्राहकों को ढाई हजार रुपये बोनस दिया गया साथ ही प्रदेश में आईआईटी आईआईएम एम्स ट्रिपल आईटी जैसे शैक्षणिक संस्थान खोलकर यहां के युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार दिया गया है जकांछ प्रदर्शन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ द्वारा आज अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया पार्टी के अध्यक्ष अजीत जोगी जब अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपने उनके आवास जा रहे थे इस दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया

माओवादी वारदात दंतेवाड़ा जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में तीन माओवादी मारे गए हैं वहीं एक जवान घायल हो गया है कटेकल्याण थाना प्रभारी विजय पटेल ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं यह मुठभेड़ कटेकल्याण क्षेत्र के डब्बा के जंगलों में उस वक्त हुई जब पुलिस के जवान गश्त पर निकले हए थे जंगल में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने पुलिस जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी

वहीं बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने बीस माओवादियों को गिरफ्तार किया है इस बीच सुकमा जिले में एक महिला सहित सात माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा और सीआरपीएफ के डीआईजी एस एलांगो के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है इनमें से एक माओवादी पर आठ लाख और तीन अन्य माओवादियों पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इसी जिले के दामनकोंटा गांव में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है मृतक पहले माओवादियों के लिए काम करता था और एक साल पहले उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था इस बीच कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने माओवादियों को सामान की आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ट्रेन प्रभावित नागपुर रेलवे स्टेशन और दूर्ग गोंदिया सेक्शन में ब्लॉक की वजह से आगामी पांच अगस्त तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा छत्तीसगढ़ को नागपुर से जोड़ने वाली दो महत्वपूर्ण ट्रेनें शिवनाथ और इंटरसिटी इस दौरान नागपुर नहीं जाएंगी और इतवारी से चलेंगी वहीं गोदिया के पास रेललाइन में मरम्मत की वजह से क्छ लोकल और मेमू ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले ही खत्म कर दी जाएंगी गेवरा रोड बिलासपुर से रायपुर होकर नागपुर जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस आगामी चार अगस्त तक इतवारी स्टेशन तक ही चलेगी वहीं बिलासपुर नागपुर इंटरसिटी भी पांच अगस्त तक नागपुर स्टेशन के स्थान पर इतवारी से शुरू होगी और वहीं समाप्त होगी मुख्यमंत्री सुपेबेड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की है उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट में साढ़े बत्तीस लाख रूपए का प्रावधान किया गया है उन्होंने यह भी बताया कि अनुप्रक बजट में राजधानी रायपुर की गुढ़ियारी और खोखोपारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन तीस बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में करने का भी प्रावधान किया गया है

उन्होंने स्वर्गीय संतोष पात्रे के परिवार को एक लाख रूपए की सहायता देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने बस चालक की कर्तव्य परायणता की तारीफ करते हुए कहा है कि स्वर्गीय श्री पात्रे ने हृदयाघात होने के बावजूद तीस से चालीस यात्रियों से भरी बस को सुरक्षित रोककर एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया गौरतलब है कि संतोष पात्रे कवर्धा के निवासी थे कल जब वे कवर्धा से बस लेकर दुर्ग जा रहे थे इसी दौरान उनके सीने में दर्द शुरू हो गया इसके बावजूद उन्होंने बस की रफ्तार को अपनी सूझ बूझ से नियंत्रित करते हुए एक स्थान पर खड़ा कर दिया जिससे इस घटना के बावजूद सभी यात्री सक्शल रहे

इन पांचों जिलों की स्थापना छह जुलाई उन्नीस सौ अंठानवे को की गई थी